मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय नागरिक उड्डयन और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल गोरखपुर लखनऊ की पहली हवाई सेवा को गोरखपुर एयरपोर्ट से किया रवाना आज प्रदेश भर में उत्साह उमंग और हर्षोल्लास के वातावरण में मनायी जा रही है होली राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से कोविड टीका लगवाने की अपील की है कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि समी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है उन्होंने कहा कि सौ वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाये हैं और घर के बुज़ुर्गो में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए कि दवाई भी कड़ाई भी देश के कोने कोने तो हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को पू जाती हैं

मैं आप सभी श्रोतायों के विचारों की सराहना करता हूँ इन सबके बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए दवाई भी कड़ाई भी और सिर्फ मुझे बोलना है ऐसा नहीं हमें जीना भी है बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में देशवासियों ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना और लोगों ने अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया श्री मोदी ने कहा कि यह बहत ही सुखद संयोग है कि उन्हें पवहत्तरवीं बार मन की बात करने का अवसर मिला है और इसी महीने पूरे देश में आजादी के पचहत्तर साल के अमृत महोत्सव की शुरूआत भी हो रही है

श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के माध्यम से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की संघर्ष गाथा किसी स्थान के इतिहास को सामने लाकर देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बनाया जा सकता है श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के जरिये ऐसी अमृतधारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के सौ वर्ष तक प्रेरणा देगी गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणरू उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें और आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुट जाएँ और संकल्प वो हो जो समाज की भलाई के हो देश की भलाई के हो भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए हो और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयं का कुछ न कुछ जिम्मा हो मेरा अपना कर्तव्य जुझा हुआ हो मुझे विश्वास है गीता को जीने का ये स्वर्ण अवसर हम लोगों के पास है श्री मोदी ने मिताली राज को बधाई दी जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दस हजार रन पूरे किए श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नये विकल्पों को अपनाना भी जरूरी है प्रधानमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन देश में शहद क्रांति या मीठे आंदोलन का आधार बना रहा है उन्होंने कहा कि शहद के अलावा मध्यमक्खी के छत्ते से मिलने वाला वैक्स यानि मोम भी आय का एक मुख्य स्रोत है श्री मोदी ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से लाइट हाउस अनुठे होते हैं और उनकी भव्य संरचना हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करती रही है श्री मोदी ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में इकहत्तर लाइट हाउस की पहचान की गई है विश्व गौरैया दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बताया कि वाराणसी में इन्द्रपाल सिंह बत्रा ने एक अनूठा प्रयास करते हुए अपने घर को गौरैया का आशियाना बना दिया है उन्होंने अपने घर में लकड़ी के ऐसे घोंसले बनवाये हैं जिनमें गौरैया आसानी से रह सके आज वाराणसी के कई घर इस अभियान से जुड़ रहे हैं श्री मोदी ने लोगों को होली उगाड़ी तमिल प्थंड् गुड़ी पड़वा बिहू नवरेह पोइला बोईशाख बैसाखी और विश् नवरात्रि रामनवमी ईस्टर और अंबेडकर जयंती की बधाई दी मन की बात कार्यक्रम की पचहत्तर कड़ियां पूरी होने पर प्रधानमंत्री ने इसे सफल बनाने इसमें योगदान करने और जुड़े रहने के लिए सभी श्रोताओं का धन्यवाद किया कि इन पचहत्तर कड़ियों के दौरान असंख्य विषयों पर चर्चा की गई इस रेडियो कार्यक्रम की पहली कड़ी का प्रसारण तीन अक्टूबर दो हजार चौदह को हुआ था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय नागरिक उड्डयन और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल हरी झंडी दिखाकर गोरखपुर लखनऊ की पहली हवाई सेवा को गोरखपुर एयरपोर्ट से रवाना किया मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री ने गोरखपुर के सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल के विस्तार की आधारशिला भी रखी इस अवसर पर आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक गोरखपुर से सात प्रमुख शहरों के लिये विमान सेवा उपलब्ध है और आगे भी इसका विस्तार होता रहेगा उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पांच हवाई अड्डों से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा देने वाला प्रदेश बन रहा है दो हवाई अड्डे क्रियाशील हैं और तीन क्रियाशील होने जा रहे हैं केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में हवाई सेवा का तेजी से विस्तर हुआ है उन्होंने कहा कि गोरखपुर में शीघ्र ही विमानों की नाइट लैण्डिंग की सुविघा भी उपलब्ध होगी रंगो का त्योहार होली आज प्रदेश भर में परम्परागत ढंग से हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है लोग विशेष रूप से युवा और बच्चे रंग गुलाल और अबीर लेकर अपने घरो से निकल पड़े हैं तथा एक दूसरे को रंगो से सराबोर करते हुए उत्साहपूर्वक होली मना रहे हैं अयोध्या में होली का उत्साह चरम पर है अयोध्या के प्रमुख मंदिरो में रंगभरी एकादशी के दिन से ही होली शुरू हो जाती है होली के अवसर पर आज वहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये हैं

मथुरा के बांकेबिहारी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भक्त पालनहार भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी के साथ होली खेल रहे हैं प्रदेश की राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रदेशवासियों को होली की शुभ कामनायें दी हैं राज्यपाल श्रीमती पटेल ने अपने शुभ कामना सन्देश में लोगो से भेदभाव भुलाकर सौहार्दपूर्ण माहौल में रंगोत्सव मनाने का आहवान किया है मुख्यमंत्री श्री योगी ने रंगोत्सव की शुभकामनाए देते हुए लोगों से इस त्यौहार की शुचिता और मर्यादा बनाये रखने का आह्वान किया

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं और गण्मान्य व्यक्तियों ने प्रदेश की जनता को होली की शुभकामनाएं दी हैं